उच्चतम न्यायालय वीवीपैट उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों के आकस्मिक मिलान के बारे में विपक्षी दलों के इक्कीस नेताओं की पुनर्विचार याचिका आज खारिज कर दी विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते आठ अप्रैल के उस आदेश में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि हर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र के बजाए किन्हीं पांच मतदान केंद्रों की इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों का मिलान किया जाए पीईटी पीपीएचटी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं की ओर से स्थगित की गई पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा अब सोलह मई को आयोजित की जाएगी इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया गया है उम्मीदवार व्यापम की वेबसाइट से संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं इस बार परीक्षा दिवस के तीन दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी

परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अपना फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र परीक्षा केन्द्र में लाना जरूरी होगा मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा गौरतलब है कि पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा इसके पहले दो मई को आयोजित की गई थी लेकिन चिप्स के सर्वर में तकनीकी खराबी आने के कारण अनेक परीक्षाार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए इसलिए यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी आबाकारी समीक्षा बैठक प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि कीमत से अधिक दाम पर बेचे जाने के साथ ही और अवैध शराब की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी चौबीस घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें

श्री सिंह ने आज अटल नगर स्थित मंत्रालय में आबाकारी विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को देशी विदेशी मदिरा दुकानों की नियमित रूप से जांच करने के साथ ही आकस्मिक निरीक्षण करने करने के निर्देश दिए श्री सिंह ने शराब की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ ही ग्राहकों को अनिवार्य रूप से बिल देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में आबकारी विभाग द्वारा सघन छापामार अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत प्रदेश में अब तक नौ सौ सैंतालीस प्रकरण दर्ज किए गए हैं इन मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत आठ सौ चौरानवे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया छापामार दलों ने करीब तीन हजार छह सौ लीटर अवैध शराब के साथ आठ वाहनों को जब्त किया है

इस मामले में पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे ने पांडुका थाना प्रभारी एक सहायक उप निरीक्षक सहित पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है साथ ही मामले की न्यायिक जांच के भी निर्देश दिए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि आरोपी को कल शाम पूछताछ के लिए थाना लाया गया था उस पर ट्रैक्टर खरीदी के नाम पर गड़बडी करने का आरोप था पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी इस बीच आरोपी युवक ने थाने के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली भालू हमला मौत कांकेर जिले के ग्राम गढ़िया में भालू के हमले से वनरक्षक सहित दो लोगों की मौत हो गई

हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार सारंडा ग्राम के गढ़िया पहाड़ पर वन विभाग को भालू की मौजूदगी की सूचना मिली थी इसके बाद वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची

इस हमले में एक वनरक्षक और एक ग्रामीण की मौत हो गई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि एर्राबोर थाना क्षेत्र के गुड्डी गांव के पास कुछ माओवादी पहुंचे थे जहां से एक ग्रामीण का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी हाईकोर्ट राहत नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले के आरोपी आईपीएस रजनेश सिंह को उच्च न्यायालय से आंशिक तौर पर राहत मिल गई है अदालत ने रजनेश सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के कड़े कदम उठाने और गिरफ्तारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया है कि रजनेश सिंह के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाएं वहीं रजनेश सिंह को भी एसआईटी जाँच में सहयोग करने के लिए कहा है गौरतलब है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के सहयोगी के तौर पर रजनेश सिंह के खिलाफ दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फोन टैपिंग में शामिल होने का मामला दर्ज किया है अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किये जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है आज के दिन लोग शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का पर्व अक्ति के नाम से जाना जाता है लोगों ने आज सुबह अपने पितरों को याद कर दान पुण्य किया रात को गुड्डे गुडियों की शादी की अनोखी रस्म निभाई जाएगी छत्तीसगढ़ में इसे पुतरा पुतरी की शादी भी कहा जाता है राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों कस्बों के बाजारों में आज मिट्टी के गुड्डे गुडियों की काफी बिक्री हुई पारंपरिक पुतरा पुतरी के अलावा सूट बूट टाई और घाघरा चोली में सजे गुड्डे गुडियों की मांग ज्यादा रही राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं वहीं जिला प्रशासन और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं परशुराम जयंती आज भगवान परशुराम की जयंती है इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में विप्र समाज की ओर शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी परशुराम जयंती पर भंडारे का भी आयोजन किया गया रमजान रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है आज सुबह सेहरी करके लोगों ने रोजें की शुरूआत की रमजान के इस पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था इसलिए इसकी खास अहमियत है मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर मस्जिदों में तरावीह की नमाज पढ़ते हैं वहीं कुरान शरीफ की तिलावतें की जाती हैं विभिन्न स्थानों पर सेहरी और अफ्तारी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एक माह तक रोजें रखने के बाद चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है

पन्द्रह दिनों तक चलने वाले इस शिविर में राजभवन के कर्मचारियों के बच्चों को योग लिफाफा राखी बुके बनाने सहित रंगोली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अभिनय ड्रामा और शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को सिर्फ औपचारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें संगीत नाट्य कला चित्रकारी सहित अन्य विधाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में डिग्री के साथ अन्य विधाओं की जानकारी होना भी जरूरी है

इसका उद्देश्य दमा रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे विश्व में इस रोग से पीड़ित लोगों के जीवन में बेहतरी लाना है

इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और बीस अन्य लोग घायल हो गए घायलों को चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है